कहा बेहतर इलाज लोगों का मौलिक अधिकार

अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना

पटना उच्च न्यायालय ने प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुये कहा है कि बेहतर इलाज लोगों का मौलिक अधिकार है और यह उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है एक लोकहित याचिका पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायामूर्ति अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मियों की कमी चिंताजनक है पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारी बाहर इलाज कराते हैं मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने कहा कि यदि सरकारी अस्पतालों की स्थिति नहीं सुधरी तो अधिकारियों और कर्मियों को मिलने वाले स्वास्थ्य भत्ते पर रोक लगा दी जायेगी पुलिस लाईन से शराब के कारोबार की मिल रही शिकायतों के बाद देर रात एक साथ प्रदेश की सभी पुलिस लाईन में छापेमारी की गयी पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर हुयी इस कार्रवाई का नेतृत्व संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक ने किया पटना पुलिस लाईन में एसएसपी उपेंद्र शर्मा के नेतृत्व में लगभग दो घंटे तक छापेमारी की गयी इस दौरान सभी बैरकों और पुलिसकर्मियों के आवासों की सघन तलाशी ली गयी कई जगहों पर गड्ढे खोदकर भी जांच की गयी बेग्सराय में छापेमारी के दौरान खोजी कुत्तों की भी मदद ली गयी हमारे संवादाताओं ने खबर दी है कि देर रात तक जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाईन में छापेमारी जारी थी

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने स्वतंत्र अभियंताओं की टीम से नल का जल योजना की जांच कराने का फैसला किया है विभाग द्वारा गठित टीमें उन्नीस जनवरी के बाद घर घर जाकर योजना की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेगी तय मानकों के अनुसार काम नहीं करने वाले संवेदकों के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी पटना उच्च न्यायालय ने पूर्णिया विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह पर लगे वित्तीय अनियमितता और निय्क्ति में गड़बड़ी के आरोपों की जांच का आदेश दिया है एक याचिका पर सुनवाई करते हुये न्यायालय ने सरकार को तीन महीने के अंदर जांच रिपोर्ट जमा करने को कहा उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने केंद्र सरकार से पचास माईक्रॉन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक के उत्पादन को बंद करने का आग्रह किया है श्री मोदी पटना में केंद्रीय प्रद्रषण नियंत्रण पर्षद की बैठक को संबोधित कर रहे थे उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिये व्यावहारिक नीति की आवश्यकता पर बल दिया साथ ही श्री मोदी ने केंद्र सरकार से इलेक्ट्रॉनिक बायोमेडिकल और ठोस कचरे के निपटारे के लिये गाईडलाइन बनाने की भी मांग की बिहार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि बजट की समीक्षा का विषय विधायिका और विधायक दोनों के लिये महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका लक्ष्य पिछड़ापन दूर करना और समाज के अंतिम पायदान के लोगों को मुख्यधारा में शामिल करना है श्री चौधरी उत्तर प्रदेश विधान सभा परिसर में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत प्रक्षेत्र के सातवें सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का देशभर के विद्यार्थी अध्यापक और अभिभावक उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं बीस जनवरी को दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परीक्षा के दौरान तनाव से निपटने के तरीकों के बारे में छात्रों के साथ संवाद करेंगे कार्यक्रम के लिये चुनी गयी छात्रा सुष्मिता अंगोम ने बताया कि वह इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी के लिये बहुत उत्साहित हैं बाईट सृष्मिता जब मुझे पता चला कि मेरा चयन परीक्षा पे चर्चा के लिए हुआ है तो मैं बहुत उत्साहित हुई मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से मिल पाऊंगी केंद्र सरकार की एजेंसी सर्वे ऑफ इंडिया प्रदेश में हो रहे भूमि सर्वेक्षण की जांच करेगी राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश निर्गत कर दिया है पश्चिमी विक्षोभ के एक बार फिर से सक्रिय हो जाने के कारण प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज सुबह से हल्की बूंदाबांदी हो रही है सीवान गोपालगंज पश्चिम चंपारण सीतामढ़ी और आसपास के क्षेत्रों में रूक रूककर बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के कारण तीन दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की ब्रंदाबांदी हो सकती है विभाग ने कहा है कि इस दौरान दिन के तापमान में कमी आयेगी हालांकि न्यूनतम तापमान सामान्य स्तर पर बना रहेगा पटना विश्वविद्यालय के राजनीतिशास्त्र विभाग की छात्रा मिताली प्रसाद दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोंकागुआ पर अकेले पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गयी है उन्होंने तेरह जनवरी की रात बारह बजकर पैंतालीस मिनट पर इस चोटी पर तिरंगा लहराया केंद्र सरकार के युवा और खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित तेईसवें राष्ट्रीय युवा उत्सव में पटना के तालंजय ठाकुर को तबला वादन रोहतास के सचिन कुमार मौर्य को बांसुरी वादन और पूर्वी चंपारण के विवेक कुमार शिरोमणि को हिन्दुस्तानी शास्त्रीय गायन के एकल वर्ग में तृतीय पुरस्कार मिला है भोजपुर के महुली और खवासपुर घाट के बीच बनाये गये पीपापुल के क्षतिग्रस्त हो जाने से बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच आवागमन बाधित हो गया है इस पुल पर दोनों ओर से लगभग डेढ़ सौ चरपहिया वाहन फंसे हुये हैं भोजपुर जिले के कौशिक दुलारपुर गांव में पुलिस पर हमला करने के आरोप में लगभग छत्तीस लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस की छीनी गयी कारबाईन और रायफल भी बरामद कर ली गयी है बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल के पास एसटीएफ और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक हथियार तस्कर को तीन पिस्तौल दस कारतूस और छह मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया है कटक में खेले जा रहे सीके नायडू अंडर ट्वेंटी थ्री क्रिकेट टूर्नामेंट में बिहार की टीम ने सिक्किम को एक पारी और अठारह रनों के विशाल अंतर से पराजित कर दिया है खेल के अंतिम दिन कल सिक्किम की टीम चार विकेट पर एक सौ नब्बे रनों से आगे खेलते हुये तीन सौ चालीस रन पर ऑल आउट हो गयी बिहार की ओर से प्रशांत कुमार सिंह दूसरी पारी में सबसे सफल गेंदबाज रहे उन्होंने बहत्तर रन देकर तीन विकेट लिये बिहार की टीम अपना अगला मैच अरूणाचल प्रदेश के खिलाफ खेलेगी आंध्र प्रदेश के नारायणपुरम में संपन्न पैंसठवीं राष्ट्रीय विद्यालय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप के बालक वर्ग के अंडर फोर्टीन और अंडर सेवेंटीन में बिहार की टीम ने दो कांस्य पदक जीते हैं अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे से जुड़ी खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखा है अमित शाह बोले जदयू भाजपा गठबंधन अट्ट नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे विधानसभा चुनाव दैनिक जागरण ने इसी खबर को शीर्षक दिया है वैशाली की सभा में बोले भाजपा अध्यक्ष सीएए पर विपक्षी पार्टियां करा रही दंगे दैनिक भास्कर की सुर्खी है निर्भया के दोषी विनय ने जेल टॉयलेट में फंदा लगाकर जान देने की कोशिश की प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है प्रदूषण नियंत्रण को कानून से जरूरी जागरूकता दैनिक आज की सुर्खी है महेंद्र सिंह धोनी केंद्रीय अनुबंध सूची से बाहर

कहा बेहतर इलाज लोगों का मौलिक अधिकार

अगले तीन दिनों तक बारिश की संभावना